धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्तरां और होटल कुछ शर्तों के साथ फिर खुले प्रदेश के अधिकांश प्रमुख धार्मिक स्थलों को श्रद्वालुओं के लिए खोला गया कोविड महामारी से बचाव के पर्याप्त इन्तजाम किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का शुभारम्भ किया निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति भी जांची

सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार तीन सौ बीस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के तीन चरणों की योजना का पहला चरण शुरू हो गया है इस चरण में प्रदेश सहित देश के कई भागों में धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्त्रा होटल और कार्यालय खुल गए हैं इन प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाये रखने सैनिटाइजेशन और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग के दिशा निर्देशों के कड़ाई से पालन के इंतजाम किये गये हैं कंटेनमेंट जोन में फिलहाल ऐसे सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल पांच लोग ही प्रवेश कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं हैं इन स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं है साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की इजाजत नहीं है श्रद्वालुओं के लिए मास्क लगाने और छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है रेस्त्रां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवा कर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास स्वास्थ्य की स्थिति पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा शॉपिंग मॉल भी कल से खुल गए हैं लेकिन बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं इनमें खान पान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के केवल पचास प्रतिशत लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य में सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल होटल और मॉल अभी नहीं खुलेंगे उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे इस बीच वाराणसी के मण्डलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने कल धर्मग्रूओं के साथ बैठक करके धार्मिक स्थल खोले जाने के बारे में विचार विमर्श किया मण्डलायुक्त ने कहा कि बिना व्यवस्था की जांच किए धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई चेक लिस्ट भर कर दें जिससे निरीक्षण किया जा सके गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट भी कल से श्रद्वालुओं के लिए खोल दिए गए मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह मंदिर में पूजा अर्चना की इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गयी है और प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन लगायी गयी है एक समय में सीमित लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्वालु दर्शन के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम का अनुपालन करें शहर के मस्जिदों गुरूद्वारों और चर्च को भी कल से श्रद्वालुओं के लिए खोल दिया गया सभी स्थलों पर सामाजिक दूरी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है अयोध्या में कनक भवन और हनुमानगढ़ी मंदिर समेत सभी प्रमुख धार्मिक स्थल खुल गए हैं मथुरा के मंदिरों में भी कल श्रद्वालु दर्शन के लिए पहुंचे चित्रकूट में कामदगिरि सहित अनेक मंदिर कल से श्रद्वालुओं के लिए खोल दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी दौरे पर पहुंचे

यह व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद श्रद्दालु ऑनलाइन माध्यम से मंदिर में अनुष्ठान करा सकेंगे श्री योगी ने मंदिर परिसर में ही अधिकारियों से निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने मण्डलीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया यहां उन्होंने कोविड नाइन्टीन ट्र नेट लैब का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी के सम्बंध में समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मृत्यु दर काफी कम है लेकिन इसका संक्रमण काफी अधिक है जिससे लोगों में भय बना हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्साकर्मी अपनी कार्य पद्वति से लोगों के मन से इस भय को दूर करें उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी हाल में संक्रमण का सामुदायिक प्रसार न हो मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ भी पहुंचे जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और ट्रू नेट मशीन से कोरोना जांच की स्थिति का जायजा लिया प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ उन्सठ लोग स्वस्थ हुए हैं जिसके बाद बीमारी से अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर छः हजार तीन सौ चौवालीस हो गई है चार सौ बारह नए मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर दस हजार नौ सौ सैंतालीस हो गई है राज्य में कल कोरोना से आठ लोगों की मृत्यु ह्यी बीमारी से अब तक प्रदेश में दो सौ तिरासी लोग जान गंवा चुके हैं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार तीन सौ बीस है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार गौतमबुद्ध नगर में उन्सठ नए मामले सामने आये हैं जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ आठ हो गई है यह प्रदेश के किसी भी जिले में कोरोना मरीजों की सर्वाधिक संख्या है गाजियाबाद में इकतालीस नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़ कर दो सौ छः हो गए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान बुलन्दशहर में अट्ठाईस नए मामले सामने आए हैं कानपुर नगर में पच्चीस मेरठ में इक्कीस और हापुड़ में उन्नीस लोगों में संक्रमण की पूष्टि हयी है देश में अब तक कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से एक लाख चौबीस हजार चौरानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं ठीक होने वाले रोगियों की दर अड़तालीस दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकडों के अनुसार एक लाख पच्चीस हजार तीन सौ इक्यासी लोगों का उपचार चल रहा है अब तक देश भर में सात हजार एक सौ पैंतीस लोगों की मौत हो चुकी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ हजार नौ सौ तिरासी नये मामले आए हैं और दो सौ छह लोगों की मौत हुई है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज यानी बीएस सिक्स श्रेणी के सभी वाहनों पर हरे रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को वाहन पर लगे मौजूदा स्टिकर के ऊपर चिपकाना होगा इस पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज रहेगा पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टिकर बनाया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अब इस तरह के वाहनों पर एक सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी लगाई जाएगी बी एस सिक्स श्रेणी के चौपहिया वाहनों में इतनी ही चौड़ाई की हरी पट्टी आगे के शीशे पर लगाई जाएगी केन्द्र सरकार ने देश में ढांचागत विकास के लिए कई पहल की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में ढांचागत विकास के लिए सौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा की थी पिछले छह वर्षों के दौरान सड़क रेल जल परिवहन सिंचाई और शहरी बुनियादी विकास पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में भारतीय रेल ने नये बुनियादी ढांचे के विकास पर नये सिरे से जोर दिया नई रेल लाइन बनाने रेल लाइन के दोहरीकरण और उनके गेज परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने राजमार्गों के निर्माण के लिये प्रतिदिन तीस किलोमीटर का लक्ष्य रखा था और इसे हासिल किया इस दौरान रिकॉर्ड तीन हजार नौ सौ नवासी किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया गया नागर विमानन क्षेत्र में भारतीय एयर स्पेस के प्रतिबंधों में कमी की गई ताकि यात्री विमान की क्षमता बढ़े और ईंधन तथा समय बचे प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं मेरठ में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद में बीस तालाबों के जीर्णोद्वार का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत जोर शोर से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है